भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और रॉकेट लांचर सहित हथियार बरामद लोकसभा में आज मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार अट्ठारह पर होगी चर्चा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिये आधार अनिवार्य नहीं

जांच एजेंसी के महानिरीक्षक आलोक मित्तल ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि सोलह संदिग्ध व्यक्तियों से श्रूआती पृष्ठताछ के बाद दस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ये सर्चेज एक आई एस आई एस इन्सपार्ड माज्यूल जो डेवलप हो रहा था जो बम बनाने की एडवासं स्टेज पे थे जिन्होंने कई वैपन्स प्रक्योर कर लिए थे उनके ऊपर किया गया है

बाकी जो सस्पेक्ट हैं उनसे प्रछताछ की जा रही है श्री मित्तल ने बताया कि ये लोग रिमोट कंट्रोल से विस्फोट और फिदायिन हमले करने की तैयारी कर रहे थे श्री मित्तल ने बताया कि यह आतंकी गुट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास भीड़ भाड़ वाले स्थानों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में था उन्होंने बताया कि इसका सरगना मुफ्ती सोहेल उत्तर प्रदेश में अमरोहा का रहने वाला है जो ये पूरा माड्युल है इसमें जो मेन गैंग लीडर है वो मुफ्ती सुहेल है जो दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है लेकिन वो नेटिव है अमरोहा का और अमरोहा में एक मॉस्क् में वो काम करता है और वही इस पूरे युप को डायरेक्ट कर रहा था छापेमारी में साढ़े सात लाख रुपये लगभग एक सौ मोबाइल फोन एक सौ पैंतीस सिमकार्ड लैपटॉप और मेमोरी कार्ड बरामद हुए हैं श्री मित्तल ने यह भी बताया कि ये संदिग्ध रिमोट कंट्रोल बम भी बना रहे थे विस्फोटक बनाने में काम आने वाली पच्चीस किलोग्राम सामग्री बरामद की गई है इसके अलावा एक रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद भी मिला है

लोकसभा में आज मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा करायी जाएगी इस विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान है विघेयक में इसे दंडनीय अपराध बनाने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए तीन साल तक की सजा हो सकती है यह मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश दो हजार अट्ठारह का स्थान लेगा इस पर आज सदन में चर्चा होगी संसदीय मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को चर्चा के समय लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है महिलाओं के सशाक्तिकरण के लिए और विरोष रूप से मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए और उनके साथ अन्याय न हो मोदी सरकार वचनबद्ध है

अब आर्डिनेंस जो है वो बिल के स्वरूप में लोकसभा में आयेगा ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था वो समाप्त हो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह भी आज सदन की कामकाज की सूची में शामिल है

कल नई दिल्ली में एक समारोह में श्री नायडू ने कहा कि सुशासन से थ्रष्टाचार और भेदभाव समाप्त होता है श्री नायडू ने लोगों से आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति को संरक्षित रखने की अपील की उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए

प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कृष्ठ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं

प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए

इस अक्सर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार प्रतिबद्व है यही रामराज्य की अवधारणा है उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षो में प्रदेश में पन्द्रह मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं मेडिकल कॉलेज खोलने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा तो मिलेगी ही रोजगार का सुजन भी होगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में नवीन गल्ला मंडी का निरीक्षण किया और उसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यो की समीक्षा की

गोर्क्धन झड़पिया को उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को राजस्थान का प्रभार दिया गया है जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत उत्तराखंड के प्रभारी होंगे पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव को बिहार का कार्यभार सौंपा गया है जबकि एक अन्य महासचिव अनिल जैन छत्तीसगढ़ में पार्टी के मामले देखेंगे श्री महेंद्र सिंह को असम का और श्री ओ पी माथुर को गुजरात का प्रभार सौंपा गया है भाजपा ने हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्यप्रदेश मणिपुर नगालैंड पंजाब तेलगाना और सिक्किम सहित अन्य राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं इन सभी प्रदेशों में सह प्रभारी भी मनोनीत किए गये हैं

यह कार्यक्रम की इक्यावनवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं

मैसम विभाग के अनुसार इसके अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की संभावना है प्रदेश के परिचमी जनपद इससे सर्वाधिक प्रमावित है मुजफ्फरनगर में तापमान लगातार शृन्य के आसपास बना हुआ है बिजनौर जिले में सर्द हवाओं ने लोगों को घरो में दुबकने के लिये मजबूर कर दिया है राजधानी लखनऊ में रात का पारा चार दशमलव आठ डिग्री तक नीचे गिर गया जो सामान्य से चार डिग्री कम रहा गोरखपुर में कल न्यूनतम तापमान पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा